कहा पाकिस्तान में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों की मदद करना भारत की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना की तीसरी किस्त के तहत छः करोड़ किसानों को बारह हजार करोड़ रूपये जारी किए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के दिए निर्देश प्रदेश के विभिन्न स्थानों में बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में आई गिरावट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को ओलावृष्टि से प्रभावित जनपदों में नुकसान का आकलन करने को कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा धार्मिक अत्यसंख्यकों को प्रताड़ित किया है और इन अत्यसंख्यकों की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है कल कर्नाटक के तुमकुरू में एक कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान का निर्माण धार्मिक आधार पर हुआ है और वहां धार्मिक अल्पसंख्यकों का हमेशा उत्पीड़न होता है उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को गलत बताया जो लोग आज भारत की संसदके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं मैं उन्हें कहना चाहता हूं अगर आपको आंदोलन करना ही हैनारे लगाने ही है तो पाकिस्तान में जिस तरह अत्यसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा हैउसके खिलाफ नारे लगाइये

इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत छह करोड़ किसानों को बारह हजार करोड़ रूपये जारी किए यह पिछले वर्ष दिसंबर से मार्व दो हजार बीस तक के लिए किसानों को दी जाने वाली दो हजार रुपयेकी तीसरी किस्त है इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें हर वर्ष छह हजार रुपये दिए जाते हैं यह राशि दो दो हजार रुपये की तीन किस्तों में दी जाती है प्रधानमंत्री ने कहा मैं उम्मीद करता हूं कि वो राज्य जो पी एम किसान सम्मान योजना से नहीं जुड़े हैं अब इस साल इस योजना से जरूरजुड़ेगे या इस योजना को लागू करेंगे तो उसको लाम मिलेगा हमारी सरकार ने उसको समझकरकेयोजनाओं को लागू करने का प्रयास किया प्रधानमंत्री ने क्रषि निर्यात मुल्यवर्धकउपज विपणन तथा दो हजार बाईस तक किसानों की आय को दोगुना करने जैसी योजनओं पर बात की उन्होंने बताया कि कॉफी रबर नारियल और दालों के उत्पादन के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए हैं उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सिंचाई की सुविधाओं को बेहतर बनाने और कृषि कार्य में लगे लोगों के कौशल विकास के लिए काम कर रही है प्रधानमंत्री ने इक्कीस राज्यों के प्रगतिशील किसानों को कृषि कर्मण पुरस्कार भी प्रदान किए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज बेंगलुरू में एक सौ सातवीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उदघाटन करेंगे इस वर्ष का विषय है ग्रामीण विकास में विज्ञान और प्रोचैागिकी पांच दिन के इस सम्मेलन में देश विदेश से आए वैज्ञानिक और विशेषज्ञ नवाचार और शोध से जूड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे सम्मेलन में कृषि पोषाहार जलवायु परिवर्तन कृत्रिम बुद्दिमत्ता तथा कैंसर जैसे विषयों पर अट्ठाईस पूर्ण सत्र आयोजित होंगे

नागपुर में राष्ट्रीय अग्नि सेवा महाविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि हित धारकों को आपदा प्रबंधन तथा अग्नि सेवा में तैयारियों पर नजर रखना महत्वपूर्ण है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंटऔर दूसरा अम्निशमन ये दोनों को और मजबूत करने के लिए और दृनिया की स्पर्धा में इनकेसमकक्ष लाने के लिए दो बड़ी संस्थाओं का आज कार्यक्रम एक साथ यहां पर आयोजित कियागया है और एक दृष्टि से ये दोनों सेवाएं एक दूसरे के साथ जूड़ी हुई हैं इस अवसर पर गृहमंत्री ने पन्द्रह अग्नि सेवाअधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रपति अग्नि सेवा पदक प्रदान किए

उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहंचाने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने कल लखनऊ में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में निर्देश दिये कि आकांक्षात्मक जनपदों में अवस्थापना एवं विकास संबंधी सभी आवश्यक सुविधाए उपलब्ध करायी जाये जिससे आम जनता लाभान्वित हो सके उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्वारित सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के साथ ही वित्तीय वर्ष दो हजार उन्नीस बीस में आवंटित बजट धनराशि का शत प्रतिशत उपयोग सभी विभागों द्वारा सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि आई जी आर एस और सीएम हेल्यलाइन पर शिकायतकर्ता की संतृष्टि ही शिकायत के निस्तारण का आधार होना चाहिए मुख्यमंत्री ने सरकारी विमागों द्वारा उल्लेखनीय कार्यों के व्यापक प्रचार प्रसार पर जोर देते हुये कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अपने कार्यालयों में पूर्वान्ह साढ़े नौ बजे से साढ़े दस बजे तक जन सुनवाई अवश्य करें

कल रांची में उन्होंने कहा कि कई राजनीतिक दलों द्वारा मचाया जा रहा शोर एक राजनीतिक चाल है और लोगों को इन दलों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम से अपने को दूर रखना चाहिए

उन्होंने कहा कि पीएफआई सरकारी और निजी सम्पत्तियों को नष्ट करके प्रदेश में बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाने के लिये ज़िम्मेदार था श्री रिजवी ने आरोप लगाया है कि पीएफआई का अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के साथ संबंध है उन्होंने कहा कि इस बात के प्रमाण हैं कि यह राष्ट्र विरोधी संगठन अपनी नापाक गतिविधियों को पूरा करने के लिये भारत नेपाल सीमा में चल रहे मदरसों का दुरूपयोग कर रहा है कल लखनऊ में एक लिखित बयान में श्री रिजवी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले संगठनों को कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों द्वारा सम्थन दिया जा रहा है शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने समी मुसलमानों से अपील की है कि वे किसी भी राष्ट्र विरोधी संगठन का समर्थन न करें और देश के विकास और भाईचारे के लिये एक जुट हों

जबकि हकीकत यह है कि इन तीनों और अन्य सभी देशों के मुसलमान हमेशा भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं यदि वो इसके पात्र हैं नागरिकता संशोधन कानून ने कित्ती भी देश के कित्ती भी विदेशी को भारत की नागरिकता लेने से नहीं रोका है पिछले छह वर्षों के दौरान लगभग दो हजार आठ सौ तीस पाकिस्तानी नागरिकों नौ सौ बारह अफगानी नागरिकों और एक सौ बहत्तर बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता दी गयी है

कल दिन में सूरज निकलने के कारण लोगों को ठण्ड से थोड़ी राहत जरूर मिली लेकिन मैसम में अचानक आए इस परिवर्तन से उनकी मुश्किलों में और इजाफा हो गया प्रदेश के हमीरपुर पीलीमीत सीतापुर बलिया कानपुर अमरोहा सहित कई जनपदों में बारिश और ओलावृष्टि के समाचार है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओलावृष्टि से प्रभावित जनपदों में अधिकारियों को नुकसान के आकलन के निर्देश दिए हैं और विक्रण हमारे संवाददाता से ओलावृष्टि से गेहूं चना और सरसों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को फसलों तथा जनधन को हुई हानि का आकलन करने का निर्देश दिया है उन्होंने अविकारियों को पीड़ितों को तत्काल वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस मामले में कोई भी ढिलाई बर्दास्त नहीं की जाएगी और ये राहत पहुंचाने का कार्य तेजी से करें

मौसम विगाग ने आज और कल प्रदेश के कई स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना जताई है